दस हजार सरकारी अस्पतालों में यह वैक्सीन मुफ्त लगायी जाएगी जबकि करीब बीस हजार निजी टीकाकरण केन्द्रों पर वैक्सीन का खर्च लोगों को वहन करना होगा

एक मोबाइल नम्बर से कुल चार लाभार्थियों का ही पंजीकरण हो सकता है ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अपने फोटो पहचान पत्र का भी प्रयोग करना होगा इसके बाद लोग टीकाकरण के लिए अपने नजदीकी कोविड टीकाकरण केंद्र का चुनाव अपने समय के अनुसार कर सकते हैं टीकाकरण के समय और केंद्र की पुष्टि मोबाइल नम्बर पर एस एम एस के माध्यम से की जायेगी

इसम मधुमेह उच्च रक्तचाप हृदय प्रत्यारोपण गुर्दा और लीवर प्रत्यारोपण ल्यूकीमिया एड्स पिछले एक वर्ष में हृदय रोग के कारण अस्पताल में भर्ती हुये लोगों के अलावा सांस संबंधी बीमारी वाले लोग शामिल हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरूआत करते हुए आज सुबह नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जाकर कोरोना वायरस के टीके की पहली खुराक ली

पुद्दुचेरी की रहने वाली सिस्टर पी निवेदा ने प्रधानमत्री को को वैक्सीन का टीका लगाया

राज्य में हर जनपद में तीन अस्पतालों में टीकाकरण का कार्य शुरू किया गया है मुख्यमंत्री ने टीकाकरण कार्य पर संतोष व्यक्त करते हुए सम्पूर्ण टीकाकरण भारत सरकार के दिशा निर्देशों और क्रम के अनुसार संचालित करने के निर्देश दिये राज्य में सरकारी और निजी चिकित्सालयों में कोविड वैक्सीनेशन सेन्टर स्थापित किये गये हैं उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण केन्द्रों की नियमित मानीटरिंग करते हुए निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाये राज्य में टीकाकरण के लिये गुरूवार और शुक्रवार का दिन नियत किया गया है

उन्होंने कहा कि अगर दो तीन दशक पहले ऐसा हुआ होता तब वह देश के लिए अच्छा होता अगले वित्त वर्ष में केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए उठाए गए कदमों पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने आज कहा कि हमें खाद्य सब्जी फल और मत्स्य पालन सहित कृषि के हर क्षेत्र में प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करना है बाइट इस वेबिनार में एग्रीकल्वर डेरी फिशरिज जैसे भांति भांति के सेक्टर्स के एक्सपर्ट भी हैं पब्लिक प्राइवेट और को ओपरेटिव सेक्टर के साथी भी हैं और देश के रूलर इकोनॉमी को फंड करने वाले बैंकों के प्रतिनिधि भी हैं आप सभी आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्व को स्टाक होल्डर्स हैं श्री मादी ने कहा कि आध्निक भंडारण स्विधाएं किसानों को उनके गांवों के पास उपलब्ध होनी चाहिए प्रधानमंत्री ने प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार को आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने कहा कि यह समय की जरूरत है कि किसानों की उपज को बाजार में अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध हों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

प्रदेश में कक्षा एक से पांच तक के सभी स्कूल छात्रों की पढ़ाई के लिये कोरोना काल के बाद फिर से खुल गये हैं प्राथमिक विद्यालयों में आज से नियमित शिक्षण कार्य शुरू हो गया है स्कूलों में स्वच्छता थर्मल स्कै निंग मॉस्क पहनने और प्राथमिक उपचार सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है

सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन किया गया कक्षाओं को सैनिटाइज किया गया और स्टाफ अध्यापक तथा बच्चे मास्क से अपने चेहरे ढके हुए नजर आए बच्चों को यह भी समझाया गया कि उन्हें अपना टिफिन और दूसरे स्टेशनरी के सामान एक दूसरे के साथ अब शेयर नहीं करने हैं सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न आज राजधानी लखनऊ के नरही में स्थित प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत विद्यालय में कराये गये कार्यो को देखा और विद्यार्थियों से बातचीत कर शिक्षण स्तर को परखा गौरतलब है कि कक्षा छह से आठ तक के स्कूल पिछली दस फरवरी को कोरोना काल के बाद दोबारा खोल दिये गये थे माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रदेश में पहले ही दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी गई है विधानसभा में आज बेरोजगारी का मुद्दा छाया रहा

उन्होंने कहा कि विपक्ष का यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है कि सेवा योजन कार्यालय में बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है उन्होंने कहा कि बेरोजगारों के पंजीकरण का कार्य चालू है इसलिये यह संख्या बढो हुई दिख रही है उधर विधान परिषद में कानून व्यवस्था और गंगा सफाई का मामला गूंजा सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्यों ने सदन से बर्हिगमन किया

उन्होंने कहा कि गंगा के सौन्दर्यीकरण के लिये प्रदेश में काफी कार्य किये जा रहे हैं

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने सरकारी और निजी अस्पतालों में टीकाकरण की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी

समाप्त